मुख्यमंत्री कहा कि अगर दूरस्थ क्षेत्रों से टेस्टिंग लैब में सैंपल भेजने में देरी हो रही है तो हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा सकता है म्ख्यमंत्री ने सचिवालय में स्वास्थ्य विभाग और जिलाधिकारियों को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से यह निर्देश दिये उन्होंने कहा कि अस्पतालों में आवश्यक संसाधन बढ़ाये जाने और सर्विलांस सिस्टम मजबूत करने की जरूरत है मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड के कारण काफी लोग बेरोजगार हुए हैं राज्य में बेरोजगारों के लिए अनेक योजनाएं शुरू की गई हैं उन्होंने इन योजनाओं का जिलास्तर पर व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिये उन्होंने कहा कि सीएम सोलर स्वरोजगार योजना जल्द शुरू की जायेगी

इसके अलावा मोटरबाइक टैक्सी योजना भी राज्य में जल्द श्रू की जायेगी मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने कहा कि कोरोना को कम्यूनिटी स्प्रेड से रोकना जरूरी है देहरादून हरिद्वार उद्यमसिंहनगर और नैनीताल जिलों में विशेष सतर्कता की जरूरत है इस मौके पर म्ख्यमंत्री ने कोरोना योद्वाओं के लिए बनाये गये चिकित्सा सेतु मोबाइल एप लॉन्च किया इस मोबाइल एप को डॉक्टर पैरामेडिकल स्टाफ नर्स सुरक्षाकर्मी पुलिस कोरोना इयूटी में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है इस अवसर पर होम आइसोलेशन पर बनाये गये एप आरोग्य रक्षक के बारे में प्रस्तुतीकरण भी दिया गया

कल सर्वाधिक संक्रमित ऊधमसिंह नगर में मिले

अन्य जिलों में भी संक्रमित लोग मिले हैं

एक समाचार एजेंसी के म्ताबिक एसएसपी कार्यालय की ओर से इसकी प्ष्टि की गयी है

इसके बाद सभी पुलिसकर्मियों को शासन की गाइड लाइन के हिसाब से आइसोलेट कर दिया गया है इससे पहले रूद्रपुर में भी पुलिसकर्मियों में कोरोना की पुष्टि ह्ई थी

इसके बाद स्वास्थ्य महकमे ने पूरी कोतवाली को ही सीज कर दिया था वैकल्पिक व्यवस्था के तहत एनएन पंत को नया कोतवाल निय्क्त किया गया है

इसके अलावा गौचर बैरियर पर उत्तर प्रदेश से आया एक मजदूर भी एन्टीजन टेस्ट में संक्रमित मिला

जन औषधि केंद्र मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि ने प्रदेश में अधिक से अधिक जन औषधि केन्द्रों की स्थापना के साथ ही रेलवे स्टेशनों पर भी जन औषधि केंद्र की व्यवस्था की जाएगी उन्होंने जन औषधि केन्द्रों के माध्यम से आम आदमी तक जन औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने पर बल दिया है उन्होंने कहा कि गरीबों को गुणवत्तायुक्त सस्ती दवा उपलब्ध होनी चाहिए सीपीए राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सीपीए की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कार्यकारी समिति की बैठक में इंडिया रीजन के प्रतिनिधि के रूप में उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने ऑनलाइन प्रतिभाग किया

विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि बैठक में सीपीए का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्य की समीक्षा संबंधी रिपोर्ट प्रस्त्त की गई और उस पर सहमति प्रदान की गई साथ ही उप समितियों की रिपोर्ट को भी समिति के समक्ष रखा गया

बैठक में इंडिया रीजन के साथ साथ अफ्रीका एशिया ऑस्ट्रेलिया ब्रिटिश आइसलैंड कनाडा और कैरीबियन अमेरिका एंड अटलांटिक रीजन के सदस्यों ने प्रतिभाग किया

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जिलाधिकारियों से वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से आपदा कार्यों की समीक्षा करते हुए यह जानकारी दी मुख्यमंत्री ने कहा कि जब बारिश के बाद धूप आती है तो भूस्खलन की घटनाएं होती हैं उन्होंने कहा कि भूस्खलन से बाधित सड़कों को सुचारू करने के लिए कम से कम समय लिया जाय

मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा की दृष्टि से संवेदनशील गांवों के लोगों को अन्यत्र विस्थापित करने के लिए वन भूमि की मंजूरी का केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जायेगा उन्होंने जिलाधिकारियों को प्रस्ताव बनाकर भेजने को कहा है

बागेश्वर जिले के डा केवलानन्द काण्डपाल और देहरादून जिले की सुधा पैन्यूली को राष्ट्रीय प्रस्कार के लिए चूना गया है बागेश्वर जिले के राजकीय हाईस्कूल प्ड़क्नी के प्रधानाचार्य डॉ केवलानंद कांडपाल को यह पुरस्कार बालिका शिक्षा में विशेष योगदान और शिक्षा के विकास में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए दिया जा रहा है

वे बागेश्वर के ख्नौली गांव के रहने वाले हैं उन्होंने राज्य की कक्षा चार से आठ तक की प्स्तकों में शिक्षा में नई पद्वति पर अपना योगदान दिया है द्र्गम क्षेत्र प्ड़क्नी के प्रधानाचार्य बनने पर उन्होंने बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लोगों को जागरूक कर विद्यालय में मां बेटी सम्मेलन कराना श्रू कराया इसके कारण विद्यालय छोड़ च्की छात्राओं ने फिर से स्कूल में प्रवेश लिया

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित इन अध्यापकों ने प्रदेश का नाम रोशन किया है उन्होंने कहा कि देश में एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूलों में सम्मानित होने वाली स्धा पैन्यूली पहली अध्यापिका हैं सेवा ही संगठन ई बक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सह महामंत्री संगठन शिवप्रकाश ने पार्टी प्रदेश कार्यालय में कोरोना काल में संगठन दवारा किये कार्यो पर आधारित सेवा ही संगठन है ई ब्क का विमोचन किया इस दौरान पिथौरागढ़ बागेश्वर हरिद्वार और रुद्रप्रयाग जिलों की ई ब्क का विमोचन किया गया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने कोरोना शरू होने से लेकर लॉकडाउन के दौरान लोगों की सेवा की उन्होंने बताया कि पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने घर पर ही पांच करोड़ मास्क बनाये इस अवसर पर प्रदेश प्रभारी श्याम जाजू ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने धरातल पर कार्य किया है इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने कहा की भाजपा कार्यकर्ताओं का हर मोर्चे पर डटे रहना प्रेरणादायक है ऋषि पंचमी मेला बागेश्वर जिले में कांडा क्षेत्र के धौलीनाग मंदिर विजयप्र में ऋषि पंचमी का मेला इस बार नहीं होगा कोरोना के चलते मेला कमेटी ने यह निर्णय लिया है

मंदिर कमेटी के अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह धपोला ने बताया कि कई सालों से धौलीनाग मंदिर में ऋषि पंचमी के दिन मेला आयोजित होता रहा है धौलीनाग को खीर का भोग लगता है यह मेला रविवार को आयोजित होना था लेकिन कोरोना के चलते स्थगित कर दिया गया है इस बार सिर्फ पूजा अर्चना के बाद भोग लग सकेगा